राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर विभन्न कार्यकमों का आयोजन किया जा रहा है इसी कम में जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में सूचना और जनसम्पर्क विभाग द्वारा वर्ष एक फैसले अनेक थीम पर प्रदर्शनी की शुरुआत हुई इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष एक फैसले अनेक पुस्तक का भी विमोचन किया इससे पूर्व आज सुबह जयपुर के अल्बर्ट हॉल से रन फोर निरोगी राजस्थान दौड़ का आयोजन किया गया दौड़ को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉ रघू शर्मा तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ सुभाष गर्ग मुख्य सचेतक महेश जोशी सहित कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार निरोगी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी राज्य सरकार के कार्यकाल के एक वर्ष प्ररा होने के मौके पर तीन दिन तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे कल जयपुर के मालवीय नगर वाल्मिकी कच्ची बस्ती में राज्य के पहले जनता क्लिनिक की शुरुआत होगी

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वसूली में कमी के कारण धनराशि जारी करने में देरी हुई और राज्यों को इसे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जीएसटी दाखिल न हो पाने और उपमोग में गिरावट के कारण जीएसटी वसूली में कमी आई है वित्तमंत्री ने कहा कि प्रत्येक राज्य और केंद्र के राजस्व विभाग को जीएसटी वसूली में सुंधार के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करने होंगे

उन्होंने कहा कि कथित रूप से हिंसा भड़काने वाले राजनीतिक दलों को ऐसा करना बंद करना चाहिए श्री रेड्डी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है

सितंबर में उप सेनाध्यक्ष बनने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख थे

राज्य के कई स्थानों पर आज कोहरा छाया रहा